लोक अदालत में राजस्व और बिजली बिल सहित अन्य विवादों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जा रहा है

उमरिया सतना आगरमालवा बड़वानी कटनी सिवनी ग्वालियर भिंड मुरैना शहडोल धार रतलाम रायसेन गुना निवाड़ी और टीकमगढ़ सहित विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए राजीनामा योग्य मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जा रहा है प्रदर्शनी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत ने आज उज्जैन में केंद्र सरकार के कठोर और साहसिक फैसले विषय पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउट रीच ब्यूरो भोपाल द्वारा शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों को सभी ओर से सराहना मिल रही है इसके पहले स्वागत भाषण देते हुए पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना है

प्रदर्शनी स्थल से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जन जागरूकता के लिए एनसीसी की ओर से रैली भी निकाली गई

कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी

कांग्रेस प्रदर्शन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है नई दिल्लीं में आज एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विमुद्रीकरण पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि किसी भी कालेधन का पर्दाफाश नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि लोगों के पैसे बैंक में सुरक्षित नहीं है रैली को संबोधित करते हुए राहल गांधी ने कहा कि देश का सकल घरेलू उत्पामद कम हो रहा है और रोजगार दर सबसे निचले स्तोर पर पहुंच गई है भाजपा प्रदर्शन राज्य में किसानों को हो रही यूरिया की किल्लत को लेकर आज भाजपा प्रदेशभर में खेत धरना नाम से प्रदर्षन कर रही है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया यूरिया राज्य सरकार के क्प्रबंधन के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहा है शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी मंडल स्तर पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल स्तर पर खेत धरना आयोजित किया गया

किसान सम्मेलन इंदौर जिला मुख्यालय पर एकीकृत बागवानी विकास मिषन योजना के अंतर्गत दो दिवसीय जिला स्तरीय कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया इस सम्मेलन में किसानों को बेर सेवफल और सर्पगंधा समेत अनेक फसलों के व्यावसायिक उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई

यह सूची इनके खिलाफ चल रहे मामलों और शिकायतों के आधार पर तैयार की गई है

यहां यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत मिली थी

इस दौरान तहसील मुख्यालयों नगर परिषद और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे